श्री नकवी ने गलत सूचना देने वालों और राष्ट्र के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाडने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी

अगले महीने के अंत तक प्रतिदिन एक लाख जांच होने का लक्ष्य

और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को निगुल्क खाद्यान वितरण किया जा रहा है मुख्तार अब्बास नकवी केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है बल्कि यह भारत और भारतीयों के लिए एक अच्छा जुनून है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के तानेबाने के साथ एकजुट किया है श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के संवैधानिक सामाजिक और धार्मिक अधिकार भारत की संवैधानिक और नैतिक गारंटी है श्री नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके मित्र नहीं हो सकते उन्होंने कहा कि लोगों को दृष्पचार के उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहना चाहिए श्री नकवी र्न कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा देश जाति धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकज़ुट है

उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्यकर्मियों सुरक्षा बलों प्रशासनिक अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं

इसके लिए कई सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है

परिषद ने कहा है कि देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं की जांच क्षमता भविष्य में और बढाई जाएगी अगले महीने के अंत तक इसके प्रतिदिन एक लाख होने की आशा है रैपिड टेस्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटी बॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटी बॉडी कितना कारगर होगा परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है

हर माह यह राशि सीधे बैंक खाते में डाली जा रही है

केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही इस आर्थिक मदद के लिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस संकट की घड़ी में इससे मदद मिल रही है

केदारनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर आज सभी संशय समाप्त हो गए है

उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ के तमाम हक हक्क धारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें रावल भीमाशंकर लिंग के साथ ही समिति के सदस्य मौजूद थे इस दौरान बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्यकारी अधिकारी नर्वदेश्वर प्रसाद जमलोकी ने बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और आगामी यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गयी है जिसके तहत आज बद्रीनाथ मंदिर तप्त कुंड सहित बद्रीनाथ धाम को पूरी तरह सेनेटाइज किया गया है

बद्रीनाथ धाम में जगह जगह बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है जिसमें बद्रीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सहित पूरी टीम जुटी हुयी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में गरीब परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है

इसी योजना के तहत देहरादून में भी सभी कार्ड धारकों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल निशुल्क दिया जा रहा है सरकारी राशन की दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए राशन ले रहे है

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास फूलचट्टी गंगा तट उनका दाह संस्कार किया गया